निजी एफएम चैनलों पर आज से होगा आकाशवाणी समाचारों का प्रसारण

लोकसभा चूनाव में सीटों के बंटवारें को लेकर बिहार में महागठबंधन के दलों की बैठक पटना में हुई प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में घटक दल राजदकांग्रेस हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख शामिल हुए महागठबंधन के नेताओं ने कहा है कि बैठक सफल रही है और खरमास के बाद सीटों के बंटवारे की घोषणा की जायेगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए दस प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकता है जिनकी सालाना आमदनी आठ लाख रुपये से कम है और उनके पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है यह आरक्षण मौजूदा पचास प्रतिशत आरक्षण के अलावा होगा इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद पन्द्रह और सोलह में संशोधन करना होगा सरकार इस बारे में आज संसद में संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी निगरानी रखने और कार्रवाई का निर्देश दिया है उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खाद दुकानदारों के पास पॉस मशीन की समस्या का अविलंब निराकरण कर उवर्रक की आपूर्ति सुनिश्चित करें और इस पर लगातार निगरानी रखें बाद में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा से उर्वरक की आपूर्ति शीघ्र करने के लिए द्रभाष पर बात की वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य की सड़कों के डिवाइडरों और फूटपाथों पर ग्रिल लगाने का निर्देश भी पथ निर्माण विभाग को दिया है आकाशवाणी समाचारों का प्रसारण आज से निजी एफएम चैनल भी करेंगे सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आज दोपहर बाद नई दिल्ली में एक समारोह में इसका शुभारंभ करेंगे आकाशवाणी के साथ बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि यह एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है क्योंकि रेडियो नागरिकों के लिए सबसे बड़ा जन संचार माध्यम है सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से रेडियो की लोकप्रियता बढ़ी है उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के एफएम चैनल देश की पचास प्रतिशत आबादी को कवर करते हैं जबकि निजी चैनलों को विभिन्न शहरों और कस्बों में एफएम सेवाओं के अवसर दिए जा रहे हैं राज्य के कई स्थानों पर बूंदाबांदी होने से अधिकतम तापमान में गिरावट आयी है राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने बताया कि मौसम में अभी और अप्रत्याशित बदलाव होंगे मौसम वैज्ञानिकों ने इसे चरम मौसमी दशा बताया है खराब मौसम के कारण विमानों और ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है

वहीं विमान सेवा पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है वाम पंथी संगठनों से जुड़े दस ट्रेड यूनियनों ने आज और कल राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है राज्य में विभिन्न विपक्षी दलों ने हड़ताल का समर्थन किया है हड़ताल के कारण राजधानी पटना में ऑटो और बसें नहीं चलेंगी उधर बैंकों ने कहा है कि इस हड़ताल का असर एटीएम सेवा पर नहीं पड़ेगा भारतीय स्टेट बैंक के सहायक जनसंपर्क महाप्रबंधक एमके सिंह ने कहा कि राज्य के सभी एटीएम में पूरे पैसे रखे गये हैं लगातार दो दिन तक इस सेवा पर बैंक नजर रखेगा राज्य में बर्ड फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं पटना के दानापुर स्थित रामजीचक में गंगा नदी के किनारे कई कौवें मृत पाये गये वहीं मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के चंदनपट्टी और रेपुरा गांव में एक बार फिर कई कौओं की मौत हो गयी लोगों ने इसकी सूचना पशुपालन पदाधिकारी को दी है राज्य में इंटरमीडिएट और मैट्रिक के परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के दस मिनट पहले परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने का मौका मिलेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि प्रदेश में कदाचार मुक्त परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गयी है उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए तेरह सौ उनचालीस और मैट्रिक की परीक्षा के लिए चौदह सौ अठारह परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसवीं न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है आयोग ने परीक्षा में ग्यारह सौ अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ली जाने वाली जेईई की मुख्य परीक्षा के लिए राज्य के आठ शहरों में बीस परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं जिन पर लगभग तिरपन हजार नौ सौ आठ परीक्षार्थी परीक्षा देंगे सिखों के दसवें गुरू गुरूगोविंद सिंहजी महाराज के तीन सौ बावनवें प्रकाशोत्सव पर पटनासिटी में नौ से लेकर पन्द्रह जनवरी तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है जबकि छोटे गाड़ियों का रास्ता बदल दिया गया है प्रभारी जोनल आईजी बच्चू सिंह मीणा ने बताया कि नौ जनवरी की रात से यातायात व्यवस्था में बदलाव लागू कर दिया जायेगा बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा गांव में खाना बनाने के दौरान आग लगने से चालीस घर जलकर नष्ट हो गये घटना में लगभग पचास लाख रूपये मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी दमकल की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के चकफतेह गांव से पुलिस ने पांच अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने उनके पास से चार देशी कट्टा कुछ कारतूस खोखा और दो मोबाइल फोन बरामद किया है गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के शाहपुरपट्टी गांव के निकट अपराधियों ने एक फाईनेंस कंपनी के कर्मचारी से एक लाख छप्पन हजार रूपये लूट लिये वहीं वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव के निकट अपराधियों ने पेट्रोलपंप कर्मचारी से चार लाख रूपये लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है सीतामढ़ी जिले के महिन्दवारा थाना क्षेत्र के कुंडल पासवान टोला के निकट अपराधियों ने सड़क निर्माण कंपनी के एक मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है बांका जिले की प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में तीन भाईयों समेत चार लोगों को सात सात साल के कारावास की सजा सुनाई है मामले के एक अन्य आरोपित को तीन साल की सजा सुनाई गई है अदालत ने सभी दोषियों पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है नौ जनवरी से महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हो रहे दूसरे खेलों इंडिया युवा खेलोत्सव के लिए बिहार महिला फुटबॉल टीम की घोषणा कर दी गयी है अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी श्यामा रानी अठारह सदस्यीय टीम की कप्तान बनायी गयी है बिहार फुटबॉल संघ के सचिव इम्तियाज हुसैन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बिहार को ग्रुप बी में महाराष्ट्र झारखंड और मणिपुर के साथ रखा गया है आज के सभी समाचार पत्रों ने केन्द्र सरकार की ओर से पिछड़े सवर्णो के लिए घोषित दस प्रतिशत आरक्षण को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण इसके साथ ही अखबार ने भारत ने आस्ट्रेलियाई धरती पर इतिहास रचा की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने आज देश भर में ट्रेन यूनियनों की हड़ताल की खबर के साथ ही सर्किट हाउस टू लोजपा दफ्तर मुख्यमंत्री नीतीश संग सुशील रामविलास की खबर को बड़ी सुर्खी बनाया है दैनिक भास्कर लिखता है तीन तलाक पर भाजपा को सीएम की नसीहत गड़बड़ी है भी तो सुधार की जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों पर छोड़ दें प्रभाात खबर की बड़ी खबर है तेजस्वी यादव को खाली करना ही होगा बंगला अखबार आज ने इंटर मैट्रिक परीक्षा में दस मिनट पहले मिलेगा प्रवेश और नवोदय विद्यालयों में बढ़ी पांच हजार सीटे से जुड़ी खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है और अब अंत में मुख्य समाचार लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के दलों की पटना में हुई बैठक

निजी एफएम चैनलों पर आज से होगा आकाशवाणी समाचारों का प्रसारण